इस बार कई प्रतिबंधों के साथ अधिक सख्ती झारखंड में कोविड टीकाकरण की गति हुई धीमी

आईपीएल में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सात विकेट से हराया

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 राज्य सरकार ने झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को एक सप्ताह और बढ़ा दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया

अब दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेंगी

बैठक में श्री सोरेन ने कहा कि अभी अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड की किल्लत है उन्होंने वैसे संक्रमितों को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने का निर्देश दिया जिनका ऑक्सीजन स्तर सामान्य हो चुका है श्री सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से रिम्स और बड़े निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन करने को भी कहा यह टीम सदर अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालों में इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी टीम यह भी जानकारी लेगी कि किन संक्रमितों को ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत है और किन्हें सामान्य वार्ड की

झारखंड में टीकाकरण जारी है हालांकि इसकी गति में पहले की अपेक्षा में कमी आयी है

अमरीका के राष्ट्रपति भवन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार और अमरीका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने यह जानकारी दी इससे पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने घोषणा की थी कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट को निष्क्रिय करने में प्रभावी है डॉक्टर फॉसी ने कहा कि भारत में कठिनाई के बावजूद टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है कोवैक्सीन टीका भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है

यह निर्णय सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में चालू तिमाही में कोई बदलाव नहीं करने के सरकार के पहले के फैसले की तर्ज पर लिया गया है केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने वाले वाहनों के दोबारा पंजीकरण कराने से जुड़े नये नियमों के लिए अधिसूचना जारी की है सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र के कर्मचारियों के तबादले होते रहते हैं और इस स्थिति में मूल राज्य से अन्य राज्य में वाहन पंजीकरण के हस्तांतरण को लेकर उन्हें परेशानी होती है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसी को लेकर वाहन पंजीकरण की नई प्रणाली का प्रस्ताव किया है इसमें परीक्षण के तौर पर आवंटन में आईएन श्रंखला चिह्नित की जाएगी आईएन श्रंखला के तहत वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों केंद्र सरकार के कर्मचारियों राज्य सरकारों केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के लिए उपलब्ध होगी जिनके कार्यालय पाँच या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं इस योजना से देश के किसी भी राज्य से राज्य में स्थानांतरण होने पर निजी वाहनों को आसानी से ले जाया जा सकेगा

ऐसे लोगों को एक मई से टीका लगाया जाएगा

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोविन प्लेटफॉर्म के क्रैश हो जाने की मीडिया में आ रही खबरे निराधार हैं

मंत्रालय ने बताया कि को विन सॉफ्टवेयर गतिशील और विश्वससनीय प्रोद्योगिकी है जिसके जरिये कोविड टीकाकरण के लिए कभी भी और कहीं से भी पंजीकरण कराया जा सकता है जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है

इसके बाद स्वास्थ विभाग ने सभी संक्रमित छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को होम आइसोलेशन कर दिया है

खरसावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सुंदरलाल मार्डी ने बताया कि प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम तैयार की गई है जो छात्राओं एवं शिक्षिकाओं के स्वास्थ्य की समय समय पर जांच करेगी सरायकेला खरसावां जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए कल प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कमार और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ संगीता केरकेट्टा और उनकी पूरी मेडिकल टीम ने जागरूकता अभियान चलाया इस दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया वहीं बचाव के लिए ऐहतियाति उपाय को अपनाने को कहा गया इस मौके पर ग्रामीणों से नशा पान नहीं करने और स्वच्छ भोजन करने की सलाह दी गई वहीं कोरोना संबंधी किसी प्रकार का लक्षण पाए जाने पर चिकित्सकों से संपर्क करने की सलाह दी गयी जमशेदपुर ब्लड बैंक में प्लाज्मा के विभिन्न रक्त समूहों की मांग बढ़ गई है जमशेदपुर के सरदार अमृतपाल सिंह ने दूसरी बार प्लाज्मा दान किया उन्होंने कहा कि प्लाज्मा दान देने में डरने की जरूरत नहीं है

आपके देने से किसी की जिंदगी बच सकती है वहीं जमशेदपुर ब्लड बैंक के डॉक्टर एल बी सिंह ने कहा कि कोविड से स्वस्थ हुए लोगों से अनुरोध है कि वह अपना प्लाज्मा दान देकर सेवा में भागीदारी निभाएं

वह अपना प्लाज्मा दान देकर मानव रक्षा में आगे बढ़े

उन्हें पिछले सप्ताह टाटा मेमोरियल मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था श्री गिलुआ के असामायिक निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दूःख व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि श्री गिलुवा के निधन से झारखंड की राजनीति से जो शून्यता आयी है उसकी भरपायी संभव नहीं है मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों की सहनशक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी दुख व्यक्त किया है

बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों को बेल बांड भरने और अन्य प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है

बार कौंसिल ऑफ इंडिया के इस आदेश के बाद लालू प्रसाद को राहत मिली है आईपीएल क्रिकेट में नई दिल्ली में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सात विकेट से हरा दिया

वहीं ट्र्नामेंट में आज दो मैच खेले जायेंगे दिल्ली में साढ़े तीन बजे मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा जबकि अहमदाबाद में डेल्ही कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा यह मैच साढ़े सात बजे शुरू होगा और अब संक्षिप्त खबरें खरसावां थाना अंतर्गत खरसावां आमदा मुख्य मार्ग के बोडडा फुटबॉल मैदान के पास बीती रात एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गयी जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया सरायकेला नगर क्षेत्र धीरे धीरे कंटेनमेंट जोन बनता जा रहा है

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायकेला की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ संगीता केरकेट्टा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सरायकेला को पत्र लिखकर कंटेनमेंट जोन बनाने को कहा है सरायकेला खरसावां जिला समाहरणालय के डीडीसी कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव मामले की सूचना के बाद बिल्डिंग में स्थित डीडीसी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सैनिटाइज किया गया